मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से बीस हजार करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की

देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है